अरुणाचल प्रदेश ने रैंकिंग में पाच स्थानो की छलांग लगाई है सोशल मीडिया पोस्ट में म्ख्यमंत्री पेमा खांड् ने कहा कि अरुणाचल ने उल्लेखलीय रुप से अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने कहा कि अरुणाचल ने दो हजार अट्डारह उन्नीस में बिजनेंस रैंकिंग करने में आसानी से पांच स्थानो की छलांग लगाई है और जबसे दो हजार पंद्रह से राज्यों की रैंकिंग श्रु होने के बाद राज्य ने शीर्ष दस स्धारकों ने जगह बनाई है

दो अक्टूबर गांधी जयंती तक चलते वाले फिट इंडिया फ्रीडम रन का वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से श्भारंभ करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि इससे लोंगो में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता पैदा होगी राज्य के खेल और य्वा मामला मंत्री मामा नात्ंग के नेतृत्व में ईटानगर में आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन में मौजूद बड़ी संख्या में सभी वर्ग के लोगो को श्भकामनाएं देते हए श्री रिजिजू ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए नियमित रुप से दोड़ने का आहवान किया इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बिय्राम वाघे सांसद तापिर गाव विधायक जिगनू नामच्म सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे

शनिवार को कोविड संक्रमण के एक सौ उनतालीस नए मामले दर्ज किए गए जिसमें से सौलह मामले सिम्टोमेटिक पाएं गए है नए आए मामलों में से ईटानगर राजधानी क्षेत्र से अद्वावन मामले वेस्ट सियांग से तेरह मामले दर्ज किए गए है जबकि लोंगडिंग पाप्मपारे और तवांग से कोविड संक्रमण के आठ आठ मामले दर्ज किए गए है उधर शनिवार तक कोविड के एक सौ एक मरीजो के स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पतालों से छ्ट्टी दे दी गई अब तक राज्य में तीन हजार तीन सौ से ज्यादा कोविड मरीज स्वस्थ हो च्के है जबकि एक हजार पांच सौ पच्चीस कोविड संक्रमण के सक्रिय मामले है कोविड जांच के लिए अब तक एक लाख तिरासी हजार से ज्यादा लोगो के सैंपल लिए जा च्के है राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने भी उनके सपर्क में आए लोगो से कोविड जांच कराने का अनुरोध किया है उधर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पी डी सोना ने राजधानी क्षेत्र में कोविड के बढ़ते मामलो के मद्देनजर विधानसभा के सभी सदस्यों से अपना कोविड टेस्ट कराने का अन्रोध किया है राज्य विधानसभा परिसर में मंगलवार आठ सितंबर को कोविड जांच के लिए विशेष इंतजाम किए गए है उधर वेस्ट सियांग के आलो में जिला प्रशासन ने पांच इलाको को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है यहां पर एक डी जे पार्टी के बाद कोविड संक्रमण के तेजी से बढ़ते हए मामलो के मद्देनजर प्रशासन ने यह ऐलान किया है

इस परिपत्र का भर्ती पर कोई असर नहीं होगा और न ही इसमें कोई कटौती होगी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार में पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं है कर्मचारी चयन आयोग संघ लोक सेवा आयोग रेलवे भर्ती बोर्ड सहित अन्य एजेंसियों की भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रोक के जारी रहेंगी

अभियान का उद्देश्य और नशीली पदार्थो के द्रुपयोग की रोकथाम के सभी पहल्ओ का समन्वय और निगरानी करना है समस्या की सीमा का आकलन निवारक कार्रवाई उपचार और नशेड़ी के प्नर्वास सूचना का प्रसार और जन जागरुकता शामिल है